लोकसभा चुनाव के लिये शेष बचे चरणों का प्रचार अभियान चरम पर पहुंच गया है विभिन्न राजनैतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने कल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो और जनसमाएं कर जनता से वोट अपील की भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल बस्ती में आयोजित चुनावी सभा में सपा बसपा गठबंघन और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि ये सभी दल वोट बेचने का काम करते हैं जनता गरीब हो सकती है लेकिन बिकाऊ नहीं उन्होंने कहा कि जनता इन महामिलावटी दलों के छलावे में नहीं आने वाली है और देश के लिये विकास करने वालों को अपना वोट देगी सपा बसपा और कांग्रेस इन तीनों को वोट बैंक के गुणा गणित की ऐसी डुरी लत लगी है कि वह इंसान को भी एकमात्र उस गिनती और वोट का पताका समझते हैं अब जनता ने तय किया है कि नेता अपनी खातिर जो खरीद मेद की बिक्री चला रहे हैं एक दूसरे को तम मुझे दो मैं तुम्हें दे दूं चलता है

हम जो भी करेंगे देश के लिये करेंगे श्री मोदी ने कहा कि आज सरकार की नीतियों के कारण विदेशों में भारत की साख बढ़ी है अतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नई पहचान मिली है जिससे देश मजबूत हुआ है प्रघानमंत्री ने बस्ती से भाजपा प्रत्याशी हरीश ट्विवेदी डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल और संतकबीर नगर से प्रवीण निषाद को जिताने की जनता से अपील की कल ही प्रधानमंत्री ने प्रतापगढ़ में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि विकास तभी संमव है जब देश सुरक्षित हो उन्होंने कहा कि पहले राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी मगर आज योगी सरकार ने स्थिति में सुधार के लिये बहत कृष्ठ किया है श्री मोदी ने विपक्ष पर कटाव करते हुए कहा कि वोट काटना समाज को तोड़ना देश बांटना और कैबिनेट का अध्यादेश फाइना यही कांग्रेस की पहचान बन गई है वहीं सपा बसपा गठबंधन पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि अब यह साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बहाने मायावती का फायदा उठाया है गठबंधन के बहाने बहन मायावती का तो फायदा उता लिया चालाकी की उनको अंधेरे में रखा बड़ी बड़ी मान सम्मान की बातें की आपको प्रधानमंत्री बना देंगे यह भी कह दिया तेकिन पीछे से अब बहन जी को यह सम्झ आ गया है कि ये सपा ने और कांग्रेस ने मिल कर के बहत बड़ा खेल खेला है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत जिले के उत्पादों को बढ़ावा दे रही है और औद्योगीकरण को भी प्रोत्साहित कर रही है केन्द्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कल सीतापुर और धौरहरा लोकसमा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के सम्थन में विजय संकल्प रैली को संबोवित किया वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और भाजपा प्रत्याशी एवं केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में रोड शो किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुल्तानपुर के धमौर बाजार में आयोजित चुनावी जनसभा में न्याय योजना का जिक्र करते हए कहा कि यह योजना न्याय और अन्याय के बीच का चुनाव है राहल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने पूंजीपतियों को लाम पहुंचाने का काम किया है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बाह्रा ने आज अमेठी में रोड शो किया

बहराइच और गोंडा में सपा अव्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी प्रत्याशी के पद्व में आयोजित जनसमा को संबोधित करते हुए सरकार पर तीखे प्रहार किये कौशाम्बी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि प्र्वानमंत्री नरेन्द्र मोदी बेरोजगारी और कृषि संकट के मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं देश के सामने बाकी जो समस्याएं है और जो सबसे जरूरी रोजगार की समस्या है उसके बारे में प्रचानमंत्री कृष्ठ तो कह दीजिए

प्रधानमंत्री के पास कोई एक्सप्रदीज है ही नहीं और जो उनके एक्सपर्ट है वो उनका प्रयोग ही नहीं करते है

इस बीच भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस काफ्रेंस और बयानों से कांप्रेस की मानसिक हालत का पता चलता है कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता जी वीएल नरसिम्हा ने कहा कि दो हजार सोलह से पहले किसी तरह के सर्जिकल स्ट्राइक का कोई रिकार्ड नहीं है पांचवें चरण के चुनाव प्रचार का अनियान कल शाम समाप्त हो गया इस चरण में छह मई को प्रदेश के चौदह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे इनमें धौरहरा सीतापूर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपूर कौशाम्बी बाराबंकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा में मतदान के लिये कुल सोलह हजार एक सौ छबीस मतदान केन्द्र और अट्ठाईस हजार बहतार मतदेय स्थल बनाये गये हैं पांववें चरण के अन्तर्गत कुल एक सौ इक्यासी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जिनमें कुल बाईस महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में कई प्रमुख उम्मीदवार चुनाव मैदान में है

गठबंधन ने अमेठी और रायबरेली सीटों पर प्रत्याशी नहीं खड़े किए हैं प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा नेता केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांवी और भाजपा नेता स्मृति ईरानी अमेठी में कांग्रेस नेता और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली में कांग्रेस के जितिन प्रसाद धौरहरा और पार्टी के पूर्व राज्य प्रमुख निर्मत खत्री फैजाबाद सीट से चुनाव में है वहीं समाजवादी पार्टी की नेता शत्र्धन सिन्हा की पत्नी प्रनम सिन्हा लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रही है आकाशवाणी समाचार के लिए मैं मुल्तान सिंह यादव इस चरण में दो करोड़ सैंतालीस लाख नौ हज़ार पांव सै पन्द्रह मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिसमें एक करोड़ चैदह लाख अड़तालीस हजार आठ सौ तिरासी महिला मतदाता भी हैं मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये जा रहे है

यह बूथ महोबा जिले के पनवाड़ी विकासखंड के नौगाव फदना में आता है

लगभग पन्द्रह घंटे बाद प्रशासन ने ईवीएम को एक बोरी से बरामद किया इसके बाद निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी महोबा को पांचवें चरण में छह मई को इस बूथ पर पुनर्मतदान कराने का निर्देश दिया है इसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग और बढ़ाने पर सहमत हो गये हैं कैनबरा में आतंकवाद का मुकाबला करने के संयुक्त कार्रवाई दल की ग्यारहवीं बैठक में आतंकवाद से निपटने के लिए सुवनाओं और तरीकों को नियमित रूप से साझा करने पर सहमति बनी दिल्ली की एक अदालत ने कल कालाधन और धनशोधन मामले में अगुस्ता वेस्ट लैंड हेलीकॉप्टर सौदे के अभियुक्त गौतम खेतान की पत्नी रितू खेतान को जमानत दे दी